केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बारे में सूचित कर दिया है

मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बारे में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं

इसके अलावा दूसरे टीके के लिए पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे

मंत्रालय ने राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण केन्द्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए पहले से ही पंजीकृत लोगों को बिना टीका लगाए वापस ना भेजने का निर्देश दिया है टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों को जागरूक करने की सलाह दी गई है

यह दवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के संस्थान नाभकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान इनमास ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेट्रीज के सहयोग से विकसित की है

कल से पाबंदियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गयी है खासकर निजी वाहनों दो पहिया और चार पहिया वाहन के परिचालन के लिए सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किया गया है

इसके तहत पहले दिन एक लाख बीस हजार लोगों ने ई पास का लाभ उठाया है

राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर छतिस हजार पांच सौ चालीस पहुंच गयी है पिछले चौबीस घंटों में सात हजार एक सौ उत्रिस लोग स्वस्थ हुए हैं जिसकी संख्या नये सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग तीन गुनी हो चुकी है पिछले चौबीस घंटों में दो हजार तीन सौ इक्कीस नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में तेरह मई तक प्रभावी दो हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किये गये कड़े उपायों के कारण संक्रमण की दर में करीब दस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब छह प्रतिशत पाया गया है राज्य में कोरोना से मरनेवालों की संख्या में भी कमी आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मात्र अड़तालीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत उनतीस लाख संतावन हजार चार सौ छियानबे लोगों को कोविड की पहली डोज और छह लाख उनहत्तर हजार छह सौ अस्सी लोगों को अबतक दूसरी डोज लगाई जा चुंकी है

केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी उनकी तस्वीरें और संपर्क सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्यजनिक नहीं की जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद लिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आकाशवाणी से कहा कि ऐसे बच्चे को बाल कल्याण समिति को दिया जाना चाहिए जो बच्चे के हित में आवश्यक कार्रवाई करेगी

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कोविड संक्रमण फैलने और परीक्षण की निम्न दर को देखते हुए राज्यों से स्थिति पर नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित पहल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवाएं बढ़ाने तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर जांच और टेली परामर्श का उपयोग करने का आग्रह किया राज्य के स्वास्थ्य सचिवों से चिकित्सा अधिकारियों और प्रखंड स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ आज से नियमित रूप से समीक्षा बैठक करने को कहा गया ताकि जमीनी स्तर पर एहतियाती उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सके राज्यों को आशा कार्यकर्ताओं सहिया सहायिका नर्स और पंचायती राज संस्थानों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड प्रंबंधन के प्रति जागरूक करने और कोविड के आरंभिक लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने की सलाह दी गयी

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है यह टास्क फोर्स प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी पत्र के माध्यम से बताया गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आयी है इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और कोरोना से संभावित मौत की भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को अपेक्षाकृत मजबूत करने की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच ससमय जांच परिणाम समुचित संख्या में सुव्यवस्थित आइसोलेशन केंद्र की स्थापना समुचित उपचार एवं जागरूकता संबंधी प्रभावी कार्य योजना बनाने की दिशा में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में केंद्र सरकार द्वारा भेजी गयी ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की खेप पहुंच चुकी है रांची जिले में कल रात एक सौ तीन ऑक्सीजन कंस्टेटर कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिले के उपायुक्त को मिली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही सहायता को सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार भेजा जा रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की जांच में तेजी लाने और संभावित मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र में उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सहायता पहुंचाने का काम तेजी से करना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नियमित बाजार खुलने के प्रतिबंधित समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छूट दी जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि इन दुकानों को सभी दिन खोला जाए और दिनभर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गंगा नदी में पार्थिव शरीर बहाने से रोकने और उनका गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जलशक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए युद्वस्तर पर काम किया जाना चाहिए

महर्षि संगठन के विश्वव्यापी अध्यक्ष डॉ टोनी नाडर ने कहा कि डॉ निशंक को लेखन तथा सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर केंद्रीय मंत्री को यह पुरस्कार औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा

वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी मौसम विभाग रांची के मुताबिक चक्रवाती तुफान तोकते का असर झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा इसकी जानकारी मौसम केंद्र की ओर से ट्वीट कर दी गयी है ट्वीट संदेश में बताया गया कि भले की चक्रवाती तूफान का असर अधिक नहीं देखने को मिलेगा लेकिन दोपहर और शाम के वक्त बादल छाये रहेंगे

हिन्दी दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में बाहर के लोगों को वैक्सीन नहीं दिये जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है इस संबंध में राज्य के सभी सिविल सर्जन को आदेश जारी कर दिया गया है प्रभात खबर ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण की ग्राउंड रिपोर्टिंग की खबर को स्पेशल स्टोरी की तरह प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने गांवों में संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की खबर को पहली सुर्खी बनाया है अंग्रेजी दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाईम्स ने देश के पश्चिमी हिस्से में चक्रवाती तूफान तोकते से बचाव के लिए केंद्र सरकार और एनडीआरएफ द्वारा किये गये प्रयासों की खबर को तस्वीर के साथ प्रकाशित किया है